जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कहा है कि वर्ष दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में भाजपा और जदयू के बीच सीटों के बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में है श्री कुमार ने यह जानकारी पटना में अपने निवास पर पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में दी बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे का फार्मूला जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया सूत्रों ने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद नीतिश मंत्रिमंडल के विस्तार की भी संभावना है इसमें कई नये चेहरों को शामिल किया जायेगा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जदयू में शामिल हो गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कूमार ने आज पटना में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलायी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर के जदयू में शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई है प्रशांत किशोर ने दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव में भाजपा और दो हजार पंद्रह में बिहार विधानसभा चूनाव में महागठबंधन की जीत के लिए रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़े के हिस्से के रूप में देशभर के गांवों में आज स्वच्छता ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस अभियान की शुरूआत की थी इन ग्राम सभाओं का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की स्थिति पर नजर रखना तथा भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाना है दो अक्टूबर दो हजार चौदह से शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण स्वच्छता का दायरा उन्तालीस प्रतिशत से बढ़कर बानवे प्रतिशत से अधिक हो गया है अब तक उन्नीस राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं इधर अभियान के तहत प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है इसी क्रम में कटिहार स्टेशन पर भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है अपर मंडल रेल प्रबंधक डीएल मीना ने बताया कि दो अक्टूबर तक कटिहार रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक आदर्श पुरूष थे श्री राय समस्तीपुर जिले के पटोरी में पार्टी की ओर से आयोजित अटल काव्यांजलि समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अटल जी ने हमेशा लोगों को आपसी प्रेम और शांति का संदेश दिया श्री राय ने लोगों से अटल जी के आदर्शों को अपनाने की भी अपील की उधर केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी स्थित राजेन्द्र भवन में आयोजित काव्यांजलि कार्यक्रम में लोगों से अटल जी के कार्यों और सपने को आगे बढ़ाने का आहवान किया पटना जिले के फतुहा प्रखंड के सभी पंचायत अब डिजीटल बनेंगे केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने फतुहा प्रखंड के अलावलपुर में आज इसका उद्घाटन किया इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि अब इस पंचायत के सभी गांवों के चौपाल वाई फाई की सुविधा से जुड़ सकेंगे वहीं लोगों को टेलिमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा सकेगी समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के बारह पत्थर मुहल्ला में डकैतों ने आज एक आभूषण व्यवसायी के घर डाका डालकर बीस लाख रुपये मूल्य की संपत्ति लूट ली आठ की संख्या में आये डकैतों ने हथियार के बल पर परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर लूट पाट की घटना को अंजाम दिया पुलिस डकैतों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है कटिहार जिले में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से मनिहारी अनुमंडल के नवाबगंज बाघमारा धुरियाही दिलारपुर और फुलकाहा में बाढ का पानी फैल गया है फुलकाहा पुल पर पानी चढ़ने से नीमा और फतेह नगर पंचायत का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है इधर बरारी में भी करीब एक हजार से अधिक घरों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है वहीं मधुबनी जिले के लदनियां अनुमंडल मुख्यालय को जोड़नेवाली मूख्य सड़क पर योगिया पदमा के बीच धौरी नदी में नेपाल से आये पानी के कारण सड़क पर बना डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया है इससे लगभग दस हजार की आबादी प्रभावित हुई है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा ब्रूढ़ी गंडक कमला बलान कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर बिहार में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने आज भोजपुर जिले के आरा में लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया इस लाइफलाइन एक्सप्रेस से आरा के लोगों को इलाज की सुविधा अठारह सितम्बर से उपलब्ध होगी

पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि बरामद कारतूस एसएलआर एके फोरटी सेवेन और इंसास राइफल के साथ अन्य हथियारों के है वहीं कासिम बाजार थाना क्षेत्र की पुलिस ने सन्दलपुर निवासी एक व्यक्ति को देशी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के बागमती नदी के बेलवा घाट से पुलिस ने साढ़े सत्रह सौ बोतल नेपाली शराब बरामद किया है इधर सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उमथा फोर लेन के पास एक ट्रक से पुलिस ने एक सौ पांच कार्टन शराब बरामद की है वहीं झारखंड से विदेशी शराब की खेप पहुंचाने वाले गिरोह के चार सदस्यों को मुंगेर जिले की पुलिस ने जमालपुर से गिरफ्तार किया है कटिहार जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है

गैस मिला तो बहुत सुविधा है सर बचत भी है सर हम तो बोलेंगे यही कि मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए

शबरी देवी कहती हैं कि गैस कनेक्शन मिल जाने से जिंदगी में बदलाव आया है

फायदा बहुत अच्चा हुआ है गैस मिल गया है चढ़ा देते हैं

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई है धुंए से छुटकारा मिलने के साथ साथ समय की बचत हो रही है जिसकी खुशी महिलाओं के चेहरे पर दिख रही है आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से मुकेश कुमार चौधरी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में राज्य के किसानों को तीन लाख रूपये तक के फसल ऋण पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है श्री कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज के बोझ को कम करना है ताकि किसान अधिक से अधिक संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकें रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा कल से शुरू हो रही है लगभग तिरसठ हजार पदों पर नियुक्ति के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ऑन लाईन परीक्षा आयोजित कर रहा है परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र संबंधित क्षेत्र के रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के धमना गांव में आज एक ही परिवार के दो बच्चों की स्नान के दौरान नहर में डूबने से मौत हो गयी भोजपुर जिले के बिहियां स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गयी है पश्चिम चम्पारण जिले में चौतरवा थाना क्षेत्र के धर्मकता गांव में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है शेखप्रा जिले में आज श्रम कल्याण दिवस का आयोजन किया गया इस अवसर पर मजदूरों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी